राजस्थान दिवस आज प्रदेशभर में हो रहे हैं विभिन्न आयोजन प्रदेश में गर्मी के असर में बढ़ोतरी मौसम विभाग ने आज कई जिलों में दी लू चलने की चेतावनी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

प्रमुख राजनीतिक दलों भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश प्रनिया ने बताया कि प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान पार्टी से जुड़े प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे नामपत्र दाखिल करने के बाद ये नेता कार्यककर्ताओं के सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे वहीं कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश प्रभारी अजय माकन और प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा आज उपचुनाव वाले क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे

दो मई को मतगणना होगी

राहत की बात यह रही कि कल इस बीमारी से किसी रोगी की मृत्यु नहीं हुई

दो जिलों चूरू और सवाई माधोपुर में संकमण का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया

इधर प्रदेश में भी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत वैक्सीनेशन किया जा रहा है श्रीगंगानगर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण केन्द्रों की संख्या में इजाफा किया है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

हमारे ऐसे श्रोता भी अपना संदेश भेज सकते हैं जो कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं

राजस्थान दिवस के अवसर पर आज प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं पाली में साइकिल रैली निकाली गई शाम को लखोटिया गार्डन में दीपदान किया जाएगा बारां में आज सुबह रन फॉर राजस्थान मशाल दौड़ का आयोजन किया गया आज प्रदेश के राजकीय स्मारकों और संग्रहालयों में सैलानियों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा

राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को राजस्थान दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी है राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाने में सहभागी बनने का आहवान किया है

यह हर जगह सुलभ रहने के साथ ऑनलाइन और परीक्षा वारियर्स मॉड्यूल नमो ऐप पर भी उपलब्ध है श्री मोदी ने ट्वीट में कहा कि पुस्तक के नए संस्करण को छात्रों अभिभावकों और शिक्षकों से मिली मूल्यवान जानकारी के साथ समृद्ध किया गया है उन्होंने कहा कि यह पुस्तक परीक्षा से पहले तनाव मुक्त रहने के लिए प्रेरित करेगी और इससे छात्रों तथा अभिभावकों के बीच संवाद बढ़ेगा

मौसम विभाग ने आज प्रदेश में क्छ स्थानों पर लू चलने की चेतावनी दी है पूर्वी राजस्थान में झुन्झुन् और कोटा जिलों में तथा पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर बाड़मेर और चूरू जिलों में कहीं कहीं तेज लू चलने की संभावना जताई है